प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के विकास में पूरे समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई

उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत उसे सहायता देगा वे आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के साथ भारत और नेपाल के बीच पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन का उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दोनों देश अपनी भागीदारी को और व्यापक बनाएंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा

जितनी अपेक्षा थी उससे एक प्रकार से आधे समय में यह बनकर तैयार हुई इसका श्रेय आपके नेतृत्व को नेपाल सरकार के सहयोग को और हमारे संयुक्त प्रयासों को इस पाइप लाइन से हर साल दो मिलियन मैट्रिक टन तक के क्लीन पेट्रोलियम प्रोडक्टस एफोर्डेबल रेटस पर नेपाल के सामान्य लोगों को प्राप्त होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने अनेक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरा किया है और पिछले पांच वर्षो में पशुपतिनाथ धर्मशाला तथा समन्वित चेक पोस्ट बीरगंज सहित अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में भारत और नेपाल सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर अभूतपूर्व रूप से नजदीक आए हैं और उनके बीच निरन्तर सम्पर्क बना हुआ है

पिछले कुछ वर्षो में हमारे बीच हायेस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अभूतपूर्व नजदीकी आई है और नियमित संपर्क रहा है विकास के लिए हमारी साझेदारी को और सक्रिय बनाने और नए नए क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने नए अवसरों का लाभ भी उठाया है नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया

भारत और नेपाल के संबंध कुछ परियोजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय परियोजनाओं में भी सहयोग शामिल है मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन साठ किलोमीटर से अधिक लंबी है फिलहाल भारत से टैंकरों के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल ले जाये जाते हैं ये व्यवस्था उन्नीस सौ तिहत्तर से बनी हुई है एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन में कई बड़े सुधार किये हैं यहां किसानों की आय दोगुनी करने के निर्णयों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट बाईट संवाददाता किसानों की आय दोगुना करना सरकार की प्राथमिकताओं में एक है और इस दिशा में कई कारगर कदम उठाए गए हैं

सरकार ने अतिरिक्त भंडार की खपत के लिए चीनी निर्यात नीति बनाई है इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्वि की गई है इसका उद्देश्य किसानों को लागत से डेढ़ गुना भुगतान करना है दिवाकर आकाशवाणी समाचार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त करना तीन तलाक पर सख्त कानून और किसानों की आय को दोगुना करने की योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं एनडीए सरकार के सौ दिनों के संबंध में श्री राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहल को दुनियाभर में सराहा गया है सारण जिले में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत जिले के सोनपूर प्रखंड ने सर्वाधिक गतिविधियों के मामले में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है सोनपुर में अब तक पोषण संबंधित तीन हजार नौ सौ तैंतीस से अधिक गतिविधियां आयोजित की गयीं है वहीं दूसरे स्थान पर सदर प्रखंड है सदर प्रखंड में अब तक दो हजार छह सौ अठाईस गतिविधियां आयोजित की गयी हैं पोषण माह में श्रुआती नौ दिनों में बाईस दशमलव उनहत्तर लाख लोगों की भागीदारी हुई है इस उपलब्धि के साथ सारण जिले ने राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है वहीं पहले स्थान पर रोहतास जिला है

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ताज़िये और सिपहर ज़ुलूस भी निकाले जा रहे हैं इस अवसर पर मजलिसों का आयोजन हो रहा है इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि मुहर्रम सच्चाई की राह पर चलते हुए हर तरह की कुर्बानी देने की प्रेरणा देता है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेशवासियों से अमन चैन बनाये रखने और आपसी भाईचारा कायम रखते हुए प्रेम शांति समता और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने की अपील की है इधर विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक जुलूस निकाले जा रहे हैं समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के लखनपट्टी पंचायत के किसानों से रिश्वत मांगने के आरोप में कृषि समन्वयक को निलंबित कर दिया गया है लखनपट्टी पंचायत के किसानों से इनपुट सब्सिडी डीजल अनुदान और फसल क्षति मुआवजा देने के एवज में घूस लेने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गयी है

जिलाधिकारी ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी लोगों से अपील की गयी है कि बच्चा चोरी की किसी भी जानकारी मिलने पर उसे स्थानीय थाना को या पुलिस द्वारा गठित साईबर सेनानी व्हाटस अप ग्रूप पर देने की अपील की गयी है गौरतलब है कि हाल में राज्य में बच्चा चोरी अफवाहों को लेकर कई स्थानों पर पीट पीट कर हत्या के मामले सामने आये हैं निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके प्रतिद्वंद्वी विवेका पहलवान के समर्थकों के प्रतिबंधित एके सैंतालीस राइफल लहराये जाने की वायरल हुई वीडियो के मामले में पुलिस ने मोकामा से चंदन और विक्की को गिरफ्तार कर लिया है हालांकि इन दोनों अपराधियों ने एक और वीडियो वायरल कर एके सैंतालीस को प्लास्टिक का खिलौना बताया प्रदेश में मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण सारण और भागलपुर जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में ग्यारह लोगों की मौत हो गयी मुजफ्फरपुर जिले के पानापूर पूलिस आउटपोस्ट के मधूबन कांटी गांव में शौचालय की टंकी में दम घूटने से एक ही परिवार मे चार लोगों की मौत हो गयी वहीं पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवा माधो और बंगरी रेलवे गुमटी के बीच राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अठाईस पर ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी और चार अन्य घायल हो गये घायलों को कोटवा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है इधर सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र के कर्णकुदरीया गांव में नदी में ड्रबने से दो बच्चों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य लापता हो गया है उधर भागलपुर जिले में भी अलग अलग घटनाओं में दो बच्चों की डूबने से मौत हो गयी पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से पूलिस ने छह अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने अपराधियों के पास से दो देशी कट्टा एक पिस्टल और आधा दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किये हैं प्रलिस अधीक्षक जयंतकांत ने बताया कि इन अपराधियों द्वारा सिकटा शिकारपुर मझौलिया मनुआपुल थाना क्षेत्र से बड़ी वारदात को अंजाम देने की सूचना मिली थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के विकास में पूरे समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई